इस मौके पर राज्यपाल ने शहीदों को भी नमन किया मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी मातृशक्ति को शुभकामनाएं दी उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तीकरण के लिए कई योजनाए बनाई गई हैं

विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों समूहों ने अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर महिलाओं को सामाजिक बराबरी देने पर जोर दिया गया चमोली में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं का संदेश दिया वहीं रुद्रप्रयाग में जगह जगह खास आयोजन किये गए जिले के ग्राम बुढ़ना में ग्रामीण महिलाओं के लिए मटका फोड़ सर्वाधिक केला खाना गुब्बारा फोड़ना पारम्परिक वेश भूषा आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया

स्लग हृदय रोग सेवा वाहन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने यमुनोत्री मार्ग के लिए हृदय रोग सेवा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर उत्तरकाशी के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि कार्डिएक केयर मोबाइल मेडिकल यूनिट यात्रा सीजन के दौरान जानकी चट्टी में तैनात रहेगी उन्होंने कहा कि कार्डियक केयर मोबाइल मेडिकल यूनिट में ट्रांसपोर्ट वेंटीलेटर ऑक्सीविंट लाइफ मल्टी चौनल मल्टीपैरा मॉनीटर जैसे विशेष उपकरण शामिल हैं उन्होंने बताया कि बड़कोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्डियक केयर आईसीयू का लोकार्पण किया गया है

उन्होंने कहा कि कपड़ा मंत्रालय के तहत आने वाला एन आई टी आर ए केन्द्र द्वारा फाइबर उत्पादों को विकसित करने का काम यह प्रशिक्षण संस्थान करेगा उन्होंने कहा कि हिमालयी फाइबर के लिए यह उत्कृष्ट केंद्र होगा केन्द्रीय कपड़ा राज्यमंत्री ने कहा कि निचले हिमालयी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले फाइबर और रेशो को यहां प्रोसेस कर फाइबर उत्पादों को बनाने का कार्य किया जायेगा हिमालयी क्षेत्रों मंक होने वाले बिच्छू घास रैमी फ्लैक्स हैम्प भीमल सहित कई पौंधों से रैशा बनाया जायेगा जिनका कपड़ा बनाकर देश विदेश में निर्यात किया जायेगा

स्लग राजभवन वसंतोत्सव राजभवन में दो दिवसीय वसंतोत्सव का कल से शुभारंभ हो रहा है

राजभवन फूलों से खिल उठा है इस मौके पर राज्यपाल बेबीरानी मौर्य ने कहा कि देहरादून के लोग राजभवन के वसंतोत्सव का इंतजार करते हैं वसंतोत्सव में पृष्प प्रदर्शनी के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे

दस मार्च को विजेताओं को पुरस्कार दिये जाएंगे

स्लग मां योजना गर्भवती महिलाओं का शत प्रतिशत संस्थागत और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग जिले में मदर अवेकनिंग एप्लीकेशन यानि मां योजना का शुभारंभ किया गया